दुकानों को खोलने के दिन और समय के बारे में जिलाधिकारी करेंगे फैसला

लॉक डाउन के चौथे चरण के लिए राज्य सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को प्रखंड मुख्यालय स्थित क्वारेंटीन कैम्प में रखा जा रहा है इसलिए यह फैसला किया गया है श्री सुबहानी ने बताया कि सभी कंटेनमेंट जोन में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे

इसमें सैलून के साथ साथ कपड़ा और रेडिमेड कपड़ों की दुकान भी शामिल हैं जिलाधिकारी दुकानों को खोलने के दिन और समय का निर्धारण करेंगे उन्होंने बताया कि ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवाओं को चिकित्सीय कारणों और विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने की अनुमति दी गयी है ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश निर्गत करेगा अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बसों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा निजी गाड़ियों से एक जिले से दूसरे जिले के अंदर आम लोगों का आवागमन पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेगा श्री सुबहानी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में उपसचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय पदाधिकारी पूरी संख्या में आयेंगे जबकि अधीनस्थ कर्मी की तैंतीस प्रतिशत उपस्थिति रहेगी वहीं प्राइवेट संस्थानों को भी तैंतीस प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान होटल रेस्त्रां सिनेमा हॉल जिम शॉपिंग मॉल और कॉम्पलेक्स सार्वजनिक सभा धार्मिक स्थल और पार्क जैसे स्थान पूर्व की तरह बंद रहेंगे रेहड़ी और ठेला वालों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है इधर पटना के जिलाधिकारी ने गृह विभाग के आदेश के अनुरूप कपड़ा ड्राई क्लिनिंग स्पोर्ट्स फर्निचर और साईकिल की दुकानों समेत सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने का आदेश निर्गत कर दिया है ये दुकानें सप्ताह में तीन दिन दिन के ग्यारह बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगी राज्य सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दरों में बढ़ोत्तरी की है पेट्रोल पर वैट की दर छब्बीस प्रतिशत या सोलह रूपये पचपन पैसे जो अधिक हो प्रभावी होगी वहीं डीजल पर यह दर उन्नीस प्रतिशत या बारह रूपये तैंतीस पैसे जो अधिक हो वह प्रभावी होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इस फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग दो रुपये प्रति लीटर को बढ़ोत्तरी हुई है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के कारण राजस्व संग्रह में हुई क्षति को देखते हुए यह बढ़ोत्तरी की गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्र सरकार से मनरेगा में कार्यदिवस की सीमा सौ दिनों से बढ़ाकर दो सौ दिन करने का अनुरोध किया है उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने इस संबंध में मुख्य सचिव को केन्द्र को पत्र लिखने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की श्री कुमार ने पैकेज के तहत घोषित सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ श्रमिकों और किसानों को पहुंचाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर हिन्दुस्तानी की थाली में बिहार का एक व्यंजन उपलब्ध कराना होना चाहिए श्री कुमार ने कहा कि मखाना इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है मुख्यमंत्री ने मखाना और इससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव उपाय करने को कहा श्री कुमार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए टास्क फोर्स के गठन का भी निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि श्रमिकों के स्किल सर्वे के अनुरूप कौन कौन से उद्योग लगाये जा सकते हैं इसकी पूरी कार्ययोजना बननी चाहिए बिहार में देश के विभिन्न भागों से अब तक लगभग पौने छह लाख प्रवासी श्रमिक अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच गए हैं एक लाख से अधिक श्रमिक सड़क मार्ग से पहुंचे हैं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही पांच सौ पांच रेलगाडियां छब्बीस मई तक पहुंच जाएंगी अठारह राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद आठ लाख से अधिक फंसे श्रमिकों को लाने के लिए आठ सौ पच्चीस रेलगाडियों की व्यवस्था की गई है

मुख्य न्यायाधीश के आदेश से इस संबंध में सूचना जारी कर दी गयी है लॉक डाउन के कारण उच्च न्यायालय में सत्रह मार्च से काम काज ठप्प है इस साल गर्मी की छुट्टी चौबीस मई से इक्कीस जून तक होनी थी पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक सौ चार नये मामलों की प्रष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ तेईस हो गयी है सबसे अधिक इकतीस मामले गोपालगंज से सामने आये हैं बेगूसराय से पन्द्रह मुंगेर नालंदा और सुपौल से सात सात मुजफ्फरपुर से पांच भागलपुर वैशाली और मधुबनी से चार चार सारण सहरसा और कटिहार से तीन तीन तथा अरवल और भोजपुर से दो दो मामले पॉजिटिव पाये गये इसके अलावा पूर्णिया खगड़िया शिवहर सीतामढ़ी पटना और कैमूर से भी एक एक मामले की पूष्टि हुई है भागलपुर में एक स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है वहीं चार सौ चौरानवे मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छूट्टी दी जा चुकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर घटकर चौंतीस दशमलव सात प्रतिशत हो गयी है इधर देश में कोविड उन्नीस रोगियों की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि संक्रमितों की संख्या एक लाख एक हजार उनतालीस हो गयी है वहीं उनतालीस हजार एक सौ चौहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तीन हजार एक सौ तिरसठ लोगों की मौत हुई है स्वस्थ होने की दर अड़तीस दशमलव छह प्रतिशत से अधिक है प्रत्येक एक लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब सात दशमलव एक है जबकि विश्व में एक लाख की आबादी पर लगभग साठ लोग संक्रमित हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड उन्नीस जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की है पिछले चौदह दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों प्रयोगशाला में संक्रमण की प्रष्टि वाले मरीजों के सम्पर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी

वहीं पांचवें दिन से दसवें दिन के बीच संक्रमण व्यक्ति के सीधे सम्पर्क में आए ऐसे व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिन्हें ज्यादा जोखिम की आशंका है और संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे

अस्पताल में भर्ती रोगियों में संक्रमण के लक्षण दिखने पर उनकी जांच की जाएगी

वहीं आईसीएमआर ने साफ किया है कि जांच के आमाव में आपात प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है

वाकिंग हो चाहे रेजिस्टिंग ट्रेनिंग हो चाहे योगा हो ब्रिदिंग एक्सरसाइज हो और खुश रहना है आपको ये नहीं समझना है दिस ट्रम इज नोट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो चाहे कम्प्युटर के थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहें अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कम्पेरेटिवली यंग ऐज के मुताबिक वीक है कम कम खाइए बार बार खाइए फ्रेश फूड वेजिटेबल्स खाइए क्योंकि उससे आपका इम्युन सिस्टम इम्प्रूव होगी

जैसा कि आप सब जानते है कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजर्स जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है ये एक जंग है दोस्तों हमें ये जंग लड़नी हैं मिलकर लड़नी है और जीतनी है हम ये जंग तब ही जीत पाएंगें जब हम एक दूसरे का साथ देगें और गवर्नमेंट का साथ गवर्नमेंट चाहती है क्या आपसे सफाई सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से दूर रहें चार पांच लोग मिलकर पार्टियां न करें

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन का विस्तार सही दिशा में उठाया गया कदम है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार रमजान के अंतिम शुक्रवार और ईद उल फितर की नमाज अदा करें

मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कदम है और खुसखुसीतौर पर मुसलमानों से दरखास्त है कि जिस तरह से आपने इससे पहले तमाम मजहबी जितने भी आपके अराकान्त थे उसे आपने पूरा किया बिल्कुल उसी तरह से ऐसे हालात के अंदर हमको कितना करना चाहिए मामलात को ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी घर में अगर लोग बाग है तो इसके तरीके बतलाए गए हैं

किसी किस्म भी कहीं हमको बाहर के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अगर मिलना है तो मिलें वरना कोशिश कीजिए कही किसी से मुलाकात न हो और ये सख्त टाइम है पूरे मुल्क के लिए पूरी दुनिया के लिए

लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों का जीवन काफी आसान हुआ है आकाशवाणी से बातचीत में कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किये

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक डॉक्टर विवेक सिन्हा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर कुछ असर दिख सकता है आज दोपहर बाद कुछ जगहों पर बादल छायेंगे और तेज हवा के साथ बारिश की भी स्थिति बनेगी प्रदेश के बाकी हिस्सों पर इस तूफान का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जैसी कोई स्थिति नहीं है इधर मौसम विभाग ने अगले एक से दो घंटों के दौरान मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान वज्रपात की आशंका भी जतायी गयी है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि दरभंगा और मधुबनी में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में डूबने से नौ बच्चों की मौत हो गयी मृतकों में सीतामढ़ी के चार दरभंगा के तीन और समस्तीपुर के दो बच्चे शामिल हैं इधर गोपालगंज जिले के मांझा थाना क्षेत्र अंतर्गत छवही गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि ये सभी दिल्ली से जमुई के लिए मोटरसाईकिल से आ रहे थे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिन्दुस्तान ने लिखा है राज्य में बसों का संचालन अभी नहीं टैक्सी ऑटो पर फैसला परिवहन विभाग करेगा दैनिक जागरण की सुर्खी है वैट बढ़ा दो रूपये महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है किसानों को केन्द्र के पैकेज का अधिक से अधिक मिले लाभ आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने लॉक डाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किये

दुकानों को खोलने के दिन और समय के बारे में जिलाधिकारी करेंगे फैसला